साफ मौसम के चलते बीते दिनों भारी वर्षा से अवरुद्ध हुए सड़क मार्गो को खोलने में और तेजी आएगी

अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बहाल हो गया है हालांकि पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चंबा से भरमौर के बीच भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध है साफ मौसम के चलते प्रमुख नदियों सहित अन्य सहायक नदियों व खड्डों के जलस्तर में गिरावट आई है हमारे कुल्लू संवाददाता के अनुसार कल देर सायं आनी उपमंडल के तहत निरमंड में हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है

मॉनसन सत्र प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है

सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश भर में स्व राजीव गांधी को कई कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्वांजलि दी जा रही है प्रदेश कांग्रेस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला के नरवाणा में आयोजित होगा जिसमें प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल भी भाग लेंगी

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग परिषद की बैठक में ये जानकारी दी बैठक में लैब ब्लड बैंक सहित अन्य शाखाओं के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद की भी स्वीकृति दी गई इसके अलावा विभिन्न वार्डो और ओपीडी के मरम्मत कार्य और अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र व बारिश के कहर से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है विधायक से जुड़े शराब प्रकरण पर सदन में हंगामा वॉकआउट वेल में जाकर की नारेबाजी दिव्य हिमाचल की सुर्खी है पहले ही दिन विपक्ष आक्रामक रायजादा के पीएसओ ड्राइवर पर कार्रवाई के खिलाफ हंगामा पंजाब केसरी के शब्द हैं विधानसभा में पहले दिन ही हंगामा नारेबाजी व वॉकआउट दैनिक जागरण के अनुसार रायजादा के गनमैन व ड्राइवर को हथकड़ी लगाने पर हंगामा

अजीत समाचार के मुताबिक मॉनसून सत्र शुरू पहले दिन विपक्ष का हंगामा स्थगित करनी पड़ी कुछ देर कार्यवाही मौसम पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में छह और मौतें बारिश के चलते पटरी पर नहीं लौट रही जिन्दगी

विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान को हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है न शराब माफिया को छोड़ेंगे न उसके हमदर्दों को

अमर उजाला की एक खबर है मंदिरों में चढ़ाए करोड़ों रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले बिना बजट जारी करने पर उठे सवाल